प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये नोएडा मुंबई और कोलकाता में कोविड जांच केन्द्रों का उद्घाटन किया

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सही समय से फैसलों के कारण देश में कोरोना रोगियों की संख्या काफी कम है और रिकवरी रेट काफी अच्छी है उन्होंने कहा कि यहां मृत्युदर भी अन्य देशों की अपेक्षा काफी नीचे हैं उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं बन जाती कोरोना से सुरक्षा के उपायों को अपनाते रहे बाइट एक अच्छी बात यह भी है कि हाइटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी एच आई वी डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

उन्होंने कहा कि जनपद के प्रत्येक चिकित्सालय में रैपिड एनटीजंन टेस्ट की व्यवस्था हो और ट्रूनेट मशीन के द्वारा प्रतिदिन ढाई हजार से अधिक टेस्ट किये जाये

इसके अलावा उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा और अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज को भी कल आगरा और अलीगढ़ मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के हिसाब से वेंटीलेटर्स की खरीद कर ली जाये लड़ाकू विमान रफाल के पहले बेड़े ने आज फ्रांस से उडान भरी इसमें पांच विमान हैं जो बुधवार को भारत पहुंचेंगे

फ्रांस से लगभग सात हजार किलोमीटर की उड़ान के दारान ये पांच विमान कुछ समय तक संयुक्त अरब अमारात में फ्रांस के वायूसेना के अड्डे पर रुकेंगे और हवा में ही इनमें ईंधन भरा जाएगा इन विमानों को फ्रांस की कंपनी दसाल्टड ने बनाया है राम की नगरी अयोध्या में आगामी पांच अगस्त को रामलला मंदिर निर्माण के लिये आधारशिला रखने की तैयारियां जोरो पर है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उस दिन अयोध्या में मंदिर की आधारशिला रखेंगे मंदिर निर्माण कार्यक्रम की शुरूआत के लिये यहां नगर को अच्छे ढंग से सजाया और संवारा जा रहा है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि इस अवसर पर यहां बड़ी संख्या में दीप प्रज्ज्वलित किये जायेंगे

उसे ही पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल रहेगा ऐसा ही पूरे अयोध्या में आवाम का नगर निगम का प्रशासन सबका है इस बार भी हर घर में दिये जले लोग जला रहे है झुग्गी झोपड़ी से लेकर पार्को में कुंडों में सड़कों पर हर जगह दीपक जले ऐसा प्ररा प्रबंध किया गया है अयोध्या में रामलला के दर्शन की अवधि में बदलाव किया गया है अपर जिला मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था के अनुसार पहली पॉली में दर्शन के लिये एक घंटे का समय बढ़ाया गया अब प्रथम पॉली में प्रातः सात बजे से बारह बजे तक दर्शन हो सकेंगे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

देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या नौ लाख को पार कर गई है

कोरोना से मृत्युदर भी घटकर दो दशमलव दो आठ प्रतिशत रह गई है

उन्होंने बताया कि यह संख्या अब तक किसी भी प्रदेश में एक दिन में की गई जांच में सबसे ज्यादा है किसी भी प्रदेश में एक दिन में इतनी जांच नहीं हुई

सरकार ने पिछले महीने ही टिक टॉक और हेलो सहित इन सभी एप्स पर प्रतिबंध लगाया था

प्रदेश के बाजारों में पिछले वर्ष तक चीन में बनी राखियों की भरमार रहतो थी लेकिन इस बार लोगों के साथ साथ द्रकानदार भी भारत में बनी राखियों को प्राथमिकता दे रहे हैं राज्यो में स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले लोकल फॉर वोकल अभियान में आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरो में इस समय राखी की दुकानों पर भारी भीड़ है और सब जगह लोगों की एक ही मांग है हर कोई देश में बनी राखी खरीदना चाहता है सीमा पर तनाव के बीच व्यापारियों ने भी लोगों के मिजाज को भांपते हुए चीन में बनी राखियों से दूरी बना ली है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्थानीय राखियों की उपलब्धता सुनिश्चत की है आकाशवाणी समाचार ने लखनऊ में कई द्रकानदारों से बातचीत की और उनका कहना था कि लोगों ने सीधे तौर पर चीन की राखियों को खरीदने से मना कर दिया है और वो भारत में ही बनी राखियों की मांग कर रहे हैं दूसरी ओर इस मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की मदद से तमाम जिलों में स्वयं सहायता समूह राखियां बना रहे हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्द्रल कलाम की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है